मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखे हाथ और मुंह साफ रखें केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच छठे और अगले दौर की बातचीत नौ दिसम्बर को होगी केंद्र ने किसानों के मुद्दों पर उनके प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल पांचवे दौर की बातचीत की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली जारी रखने का आश्वासन दिया है उन्होंने कहा कि एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और उस पर शंका करना बेबुनियाद है लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है श्री तोमर ने विरोध कर रहे किसानों से अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने की अपील की प्रदेशभर में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आज अंतिम विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है

इस अभियान के दौरान राज्य के पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने हटाने और संशोधन करने का कार्य किया जा रहा है

उन्होंने बताया कि इस पुनरीक्षण अभियान के तहत आज सभी मतदान केन्द्रो पर विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री गुरूवार को संसद भवन की नई इमारत के निर्माण के लिये मूमि पूजन करेंगे

नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन परिसर और उसके आसपास बन रहा है

प्रदेश में कोरोना संकमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में बढोतरी दर्ज की गई है

केन्द्र सरकार द्वारा कोराना जागरूकता के लिए जन आंदोलन जारी है

श्री मेहरा ने कोरोना के सभी प्रोटोकॉल की पालना करते हुए मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताया है